सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

पहली जून को स्थिति की समीक्षा के बाद बारहवीं की परीक्षा के बारे में फैसला किया जायेगा दसवीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढाई का भी नुकसान न हो

यह परीक्षाएं तीस अप्रैल और एक मई से होने वाली थीं मंडल के अनुसार अब यह परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह से आरंभ होकर जून के अंतिम सप्ताह तक कराई जाएंगी

श्री चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि अन्य राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्रीय रेल मंत्री से भी चर्चा हुई हैं हिमाचल और महाराष्ट्र से ऑक्सीजन आपूर्ति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं

जिलों में कोविड केयर सेंटर्स भी प्रारंभ हो गए हैं

उज्जैन शिवपुरी सिवनी और खंडवा में यह शुरू हो गई हैं शेष चार जिले मंदसौर रतलाम मुरैना और जबलपुर में लग रही हैं श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है

प्रदेश में एक लाख तक इंजेक्शन की आपूर्ति का लक्ष्य है ताकि अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ जाने पर रोगियों के लिए व्यवस्था बनी रहे

बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में भी उनकी प्रतिमा पर श्रद्वासुसमन अर्पित किये गये हालांकि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला आंबेडकर जयंती महोत्सव विगत वर्ष की तरह इस बार भी स्थगित कर दिया गया डॉ आंबेडकर के अनुयाइयों के लिए वर्चुअल दर्शन और धम्म पूजन की व्यवस्था की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास सभाकक्ष में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डॉ अंबेडकर के योगदान का स्मरण भी किया इंदौर में बाबा साहेब के अनुयाइयों ने डॉ आंबेडकर की प्रतिमा के दूध से अभिषेक कर माल्यापर्ण का कार्यक्रम आयोजित किया भारतरत्न बाबा साहब भीमराव आंबेडकर समाज संगठन ने इस अवसर पर बजरंग नगर क्षेत्र में नए वाचनालय की स्थापना के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया

उससे पहले आज भाजपा और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हुआ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रोड शो किया वही शाम को भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने रैली निकालकर रोड शो किया प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचन की तैयारियां अंतिम क्षणों में है

अपर संचालक टीकाकरण श्री संतोष शुक्ला ने बताया कि टीका उत्सव को सफल बनाने के लिये जन आंदोलन के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को टीका लगाने के लिए सभी जिलों ने अपनी अलग अलग रणनीति बनाई गई

पवित्र रमज़ान माह की आज बुधवार से शुरुआत हो गई है मुस्लिम समाज के श्रद्वालू इबादत में लग गए हैं आज पहला रोज़ा है वही नवरात्रि के दूसरे दिन भी जिले में पूजा अर्चना उपासना आदि का दौर जारी है इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार